केन्द्रीय मंत्रिमंडल देश में अब सड़क परिवहन प्रणाली में द्रवीकृत प्राकृतिक गैस एलएनजी का प्रयोग शुरू होगा इतना ही नहीं बहुत जल्द अब एक ही इंजन को पेट्रोल डीजल सीएनजी बिजली या एलएनजी से चलाया जा सकेगा और लोगों को किसी भी ईंधन के प्रयोग का विकल्प मिल सकेगा पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने आज केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई में एक मुश्त पूंजी डालने को मंजूरी दी है सरकार और एलआईसी दोनों मिलकर प्रंजी डालेंगे इससे आईडीबी आई और एलआईसी दोनों को फायदा होगा साथ ही इस कदम से बैंको को मजबूत करने की सरकार की प्रतिबद्धता भी प्रदर्शित होती है वहीं सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इस कदम से आईडीबीआई आवास तथा मोटर वाहन जैसे क्षेत्रों को कर्ज देना शुरू कर देगा प्रधानमंत्री विदेश यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वी आर्थिक मंच की पांचवीं बैठक में भाग लेने के लिए तीन दिन की यात्रा पर आज रूस रवाना होंगे प्रधानमंत्री यहां मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे

रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि व्लादिवोस्तिक की उनकी यात्रा किसी भारतीय प्रधानमंत्री की रूस के सुदूर पूर्वी क्षेत्र की पहली यात्रा है उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष आपसी संबंधों को और सुदृढ़ करने के इच्छुक हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्वी आर्थिक मंच की बैठक से इस क्षेत्र में भारत तथा रूस के बीच आपसी लाभदायक सहयोग में विकास की अपार क्षमता मिलेगी उपचुनाव तैयारी प्रदेश के आदिवासी बहुल झाबुआ विधानसभा सीट पर आगामी उपचुनाव के पहले कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों की ओर से गतिविधियां तेज हो गई हैं कांग्रेस की ओर से अभी तक मुख्यमंत्री कमलनाथ आदिवासी विकास मंत्री ओंकार सिंह मरकाम पंचायत मंत्री कमलेश्वर पटेल नर्मदा घाटी विकास मंत्री सुरेन्द्र सिंह बघेल उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी और स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट जिले का भ्रमण कर चुके है इसी क्रम में कल ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह और कृषि मंत्री सचिन यादव यहां के दौरे पर रहेगें इसी बीच भाजपा ने भी इस सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखने के लिये रणनीति तैयार कर ली है भाजपा जिलाध्यक्ष ओम शर्मा ने आज संवाददाताओं को बताया कि कल यहां पार्टी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन रखा गया है इसमें केंद्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर फग्गन सिंह कुलस्ते पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह समेत पार्टी के कई आला नेता शामिल होंगे झाबुआ विधायक गुमान सिंह डामोर के इस संसदीय क्षेत्र से सांसद चुने जाने के बाद ये सीट रिक्त हुई है प्रहलाद बैठक केन्द्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने आज लेह में संस्कृति पर्यटन और पुरातत्व विभागों से जुड़े अधिकारियों के साथ बैठक की लद्दाख स्वशासी पर्वतीय विकास परिषद ने उन्हें लद्दाख क्षेत्र के समग्र विकास के लिए मूलभूत ढांचे को मजबूत करने और अन्य आवश्यकताओं के बारे में बताया बैठक में परिषद के प्रमुख ग्याल वांग्याल लद्दाख के सांसद जाम्यांग शेरिंग नामग्याल और लद्दाख के डिवीजनल कमिश्नर सौगत बिस्वास भी शामिल हुए केन्द्रीय पर्यटन मंत्री लेह की तीन दिन की यात्रा पर आज वहां पहुंचे

बैठक में लोक निर्माण पंचायत एवं ग्रामीण विकास और नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग शामिल हुए गौरतलब है कि भारी बारिश से राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सड़कों को काफी नुकसान पहुंचा है

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के मुख्यालय में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है नैन्सी प्रदेश के उन दो विद्यार्थियों में शामिल है जो इसरो द्वारा आयोजित ऑनलाइन परीक्षा में सफल हुई थी नैन्सी के अलावा जबलपुर के सिद्धक छाबड़ा का भी चयन इसके लिये हुआ है

रायसेन जिले में भी लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं बरेली के बारना पुल के डूब जाने से भोपाल जबलपुर मार्ग बंद हो गया उधर शहडोल और अनूपपुर जिले में भी लगातार बारिश हो रही है यहां एक दो दिन में बांणसागर के गेट खोले जा सकते है

उधर गुना जिले में भी लगातार बारिश का दौर जारी है

पोषण अभियान राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत सितम्बर माह को पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है ग्वालियर व्यापार मेले के फेसिलिटेशन सेंटर में कल राज्य स्तरीय पोषण माह का शुभारंभ होगा इस कार्यक्रम में पूर्व केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे जबकि महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगी जैन धर्म जैन धर्मावलंबीयों का दस दिनों तक चलने वाला पर्युषण पर्व आज से शुरू हो गया है यह पर्व आत्म शुद्धि तप साधना और संयम का सबसे बड़ा माध्यम है इस दौरान जैन मंदिरों में विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं टीकमगढ़ से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में प्रसिद्ध तीर्थ धाम पपौरा जी अहार जी बंधा जी में दसो दिन भगवान महावीर का महामस्तकाभिषेक किया जायेगा

वेस्टइंडीज एकमात्र टीम है जिसने टेस्ट मैच खेलकर कोई अंक हासिल नहीं किया

वे विश्व विख्यात ध्रुपद गायक गुदेंचों बंध्ओं के पिता थे

इनमें से एक की हालत गंभीर बनी हुई है

इसके अंतर्गत आज शासकीय पॉलेटिक्नक कॉलेज में कार्यशाला का आयोजन किया गया